मुख्यमंत्री ने भंगरोटू और मात्र शिशु अस्पताल मंडी में बनने वाले प्री फैब्रिकेटिड अस्पताल का कार्य जल्द पूरा करने को कहा ताकि जिले में ऑक्सीज़नयुक्त बैड की क्षमता बढ़ाई जा सके उन्होंने परिवहन विभाग को बसों व अन्य सार्वजनिक वाहनों की प्रभावी सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करने और दुकानदारों को नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने आयुर्वेद विभाग को होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए काढ़ा उपलब्ध करवाने को भी कहा बैठक में स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा कि जिले के सभी अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सक पैरा मैडिकल स्टाफ और उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे

बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिकम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत कर्मचारियों की मांगों के प्रति संवेदनशील है वे आज शिमला में हिमाचल परिवहन सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण मंच के साथ परिवहन निगम के पैंशनरों की मांगों के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

उन्होंने अधिकारियों को कर्मचारियों के लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने के निर्देश भी दिए पठानिया वन युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कांगड़ा जिले में नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की ममूह गुरचाल पंचायत में आज खेल मैदान का शिलान्यास किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस मैदान के बनने से स्थानीय युवाओं को खेलों के साथ साथ सेना व पुलिस में भर्ती के लिए अभ्यास करने को बेहतर स्थान उपलब्ध होगा पठानिया ने कहा कि इस मैदान में युवाओं के लिए ओपन ऐयर जिम भी लगाया जाएगा

उन्होंने स्थानीय लोगों की मांग पर पंचायत में पशु औषधालय खोलने की घोषणा भी की

पांगी के आवासीय आयुक्त सुखदेव सिंह ने बताया कि तीनों मृतक महिलाएं साच गांव की रहने वाली थीं

भरमौर के विधायक जियालाल कपूर ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख जताते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं

लोग नमो ऐप या माईगोव ओपन फोरम में अपने सुझाव दे सकते हैं

प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में मन की बात के लिए लोगों से उन विषयों और प्रेरणादायक अनुभवों को साझा करने का अनुरोध किया है जिनके बारे में वे सोचते हैं कि अन्य भारतीयों को भी यह जानना चाहिए